उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में कम प्रद्षण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को दी मंजूरी दीवाली सहित अन्य त्योहारों पर रात आठ से दस बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे

भाजपा ने चुनाव व्यवस्था के संचालन के लिए विभिन्न समितियों का किया गठन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी

वहीं राजनांदगांव जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कुल संख्या अभी प्राप्त नहीं हो सकी है नामांकन दाखिले के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने नामांकन पत्र भरे मुख्यमंत्री द्वारा राजनांदगांव सीट से नामांकन दाखिल किए जाने के समय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद थे

गौरतलब है कि डॉक्टर सिंह तीसरी बार राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं उधर राजनांदगांव सीट से ही कोंग्रेस प्रत्याशी करूणा शुक्ला ने भी अपना नामांकन भरा श्रीमती शुक्ला ने कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में नामांकन पत्र जमा किया इसके बाद वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में कांग्रेस भवन पहुंची जहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया वहीं नारायणपुर जिले में भाजपा के केदार कश्यप कांग्रेस से चंदन कश्यप आम आदमी पार्टी से नरेन्द्र नाग और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बली कचलाम सहित सात उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए

नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और छब्बीस अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इन अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित सभी सात जिलों की बारह सीटें और राजनांदगांव जिले के छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं इस चुनाव में करीब इकतीस लाख अस्सी हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जैसी कि खबर दी जा चुकी है प्रदेश की नब्बे सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में बारह और बीस नवम्बर को होगा दूसरे चरण के लिए बचे हुए बहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव अधिसूचना छब्बीस अक्टूबर को जारी की जाएगी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 शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दीवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रद्षण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी इन आदेशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल निर्धारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री ही की जा सकेगी उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देशभर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है सुको निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जैसी चयन व्यवस्था कराने संबंधी याचिका पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कॉल की पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के मुद्दे पर वहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी चाहिए पीठ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी केन्द्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के द्रूपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है राज्योत्सव प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार राज्य स्थापना दिवस पर होने वाला राज्योत्सव केवल राजधानी रायपुर में ही आयोजित किया जाएगा आमतौर पर एक हफ्ते चलने वाला राज्योत्सव इस बार केवल तीन दिनों का होगा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए इस साल प्रदेश के जिलों में राज्योत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा केवल राजधानी रायपुर में ही एक से तीन नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन होगा उन्होंने बताया कि इस बार राज्योत्सव में व्यापार मेले के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शाम छह बजे से रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया है

इसके तहत प्रचार प्रसार साहित्य निर्माण समिति कंट्रोल रूम तथा हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति विधिक समिति आवास समिति सांस्कृतिक दल एलईडी प्रचार समिति और स्वागत समिति बनाई गई है उधर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है डाक मतपत्र विधानसभा चुनाव में कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है इसके तहत वे अपना मतदान कर सकेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजू ने बताया कि रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में स्थित उप संचालक कृषि कार्यालय में डाक मतपत्र का केंद्र शुरू किया गया है उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी यहां आवेदन कर डाक मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं

डाक मतपत्र की नोडल अधिकारी अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी सुरक्षाकर्मी या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं लेकिन किसी अन्य जगह चुनाव कार्य में लगे होने के कारण अपने मतदान केंद्र में वोट नहीं डाल पा रहे हैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड़यूटी में तैनात मतदाता मानकर उन्हें डाक मतपत्र प्रदान किए जाएंगे इसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक और उनके साथ रहने वाले कर्मचारी भी निर्वाचन कार्य में तैनात मतदाता माने जाएंगे उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद डाक मतपत्र तैयार होंगे और चौबीस घंटे में मतदाताओं को उपलब्ध करा दिए जाएंगे नोडल अधिकारी ने यह बताया कि भारतीय सेना में कार्यरत् सैनिकों को वोट देने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है साथ ही वे सर्विस मतदाता के रूप में डाक मतपत्र से भी वोट डाल सकते हैं मतदाता जागरूकता अभियान रायपुर संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने कहा है कि शत प्रतिशत मतदान के लिए आवश्यक है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें रायपुर के रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित कैम्पस एम्बेसडर और स्वीप नोडल अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को प्रोत्साहित कर मतदान केंद्र तक लाना होगा श्री चुरेन्द्र ने कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने महिला स्व सहायता समूहों और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी मदद ली जा सकती है उन्होंने हाट बाजारों और गांवों में दैनिक संध्या चौपाल के दौरान मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए आयुक्त ने मोहल्लों कस्बों कारखानों और सार्वजनिक स्थलों पर मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाने पर भी जोर दिया कार्यशाला के दौरान रायपुर महासमुंद धमतरी गरियाबंद और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के चुनाव से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे पर्यवेक्षक नियुक्ति केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रायपुर सहित अलग अलग विधानसभा के लिए दस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है इनमें सात सामान्य पर्यवेक्षक एक पुलिस पर्यवेक्षक और दो व्यय पर्यवेक्षक होंगे रायपुर जिले की धरसींवा विधानसभा सीट के लिए विनोद परशु को रायपुर ग्रामीण के लिए डॉक्टर बी आर ममता रायपुर पश्चिम में के शारदा देवी रायपुर उत्तर में पुनीत अग्रवाल रायपुर दक्षिण में वीपी जयासीलन आरंग के लिए राजेश कुमार और अभनपुर विधानसभा सीट के लिए सूरजभान जयमान सामान्य पर्यवेक्षक होंगे